उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को देश की परवाह नहीं है श्री मोदी ने कहा कि आतंक के ठिकानों पर सेना प्रहार करने में लगी है ऐसे समय देश के भीतर कुछ लोग सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय अनुचित बातें कर रहे हैं श्री मोदी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश कें अमेठी भी जा रहे हैं जहां वे कहुर में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे यह रूस की एक फर्म और भारत की आडिनेंस फैक्टरी के बीच संयुक्त उपक्रम है सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज खण्डवा जिले के ग्राम दोगलिया में श्री सिंगाजी ताप विद्यत परियोजना की द्वितीय चरण की दो इकाइयों का लोकार्पण किया

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना होगी इस मौके पर श्री कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित किया

राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक एकता पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश पढा जायेगा कार्यक्रम में प्रदेशवासियों द्वारा पुलवामा के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी इस अवसर पर स्थानीय कलाकार देशभक्ति पर केन्द्रित गीतों की प्रस्तुति देंगे भोपाल के शौर्य स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा हमारे नीमचगना और भिण्ड संवाददाताओं के अनुसार इन जिलों में भी समारोह को मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं

राज्य सरकार ने ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वचनपत्र में किये वादे को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया है श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सबला महिला सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव और अन्य सहयोगी कर्मचारी महिलाओं को ग्रामसभा में भाग लेने के लिए घर घर जाकर प्रेरित करें महाशिवरात्रि देश के विभिन्न भागों के साथ ही मध्यप्रदेश में भी महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत हर्ष उल्लास और श्रद्दाभाव से मनाया जायेगा राजधानी भोपाल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर खरगोन के ओंकारेश्वर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जायेगी इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से श्रद्दालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है इनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किये हैं इस बार सोमवार के दिन ही महाशिवरात्रि पर्व का संयोग बना है इसलिए श्रद्वालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है राजधानी के समीप रिथित भोजपुर शिव मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर सोमवार को सुबह से ही संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जायेगा जो देर रात तक चलेगा भोजपुर उत्सव के नाम से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ होंगी

इसका विषय चुनाव समाज और मीडिया था

यह गाडी मुरैना मे भी रुकेगी

शिवपुरी में हल्की ब्रंदाबांदी के बाद मौसम बदल गया है